कोरोना अभियान प्रदेश में कल एक अगस्त से संकल्प की चेन जोड़ो संक्रमण की चेन तोड़ो अभियान शुरू होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रीगणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते हुए यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे है और संक्रमित मरीजों को निःशुल्क एवं सर्वोत्तम इलाज की व्यवस्था की गई है इस कार्य में राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा व्यय हुआ है और आगे भी राशि की जरूरत होगी

उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से भी सहयोग करने को कहा श्री चौहान ने कहा कि विधायकगण अपने विधायक निधि का उपयोग अपने क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण संबंधी कार्यो में उपयोग करें

धार जिले में आज एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है

ई मुलाकात प्रदेश की जेलों में बंदी अपने परिजनो से अब ई मुलाकात कर सकेंगे गृह और जेल मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज जेलों में बंदी परिजनों की ई मुलाकात योजना का ई लोकार्पण किया उन्होंने बताया कि परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंदियों से मुलाकात कराई जायेगी

उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सभी बच्चों और नौजवानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मातृभाषा और अनेक भाषाओं के पढ़ाये जाने संबंधी प्रावधान पर जोर दिया जाना भारत की क्षेत्रीय और प्राचीन भाषाओं के प्रति सम्मान और उन्हें महत्व प्रदान करने का प्रतीक है इससे विद्यार्थियों में समग्र विश्व दृष्टि का विकास करने में मदद मिलेगी अनुपपुर शिक्षा नीति केन्द्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति की शिक्षाविद् सराहना कर रहे हैं

श्री मोदी इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे

शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों को मार्ग प्रशस्त हुआ है

नकवी बयान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए नया विवाह अधिनियम लागू होने के बाद तीन तलाक के मामलों में भारी कमी आई है इस कानून के लागू होने के एक साल पूरे होने के मौके पर देशभर की मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि केन्द्र की वर्तमान सरकार ने तीन तलाक को अपराध घोषित किया इससे मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है कमल नाथ बयान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज एक ट्वीट के जरिए कहा है मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूँ देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है यह सिर्फ भारत में संभव है वेबिनार इंदौर में क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो द्वारा आज कोरोना वर्षा जनित बीमारियां और आयुर्वेद विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया इस दौरान इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ शिरीष श्रीवास्तव ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए घरेलू स्तर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में बताया वहीं क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सागर ईकाई द्वारा भोपाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना महामारी के लक्षण तथा बचाव पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है ईद ईद उल जुहा का त्योहार कल प्रदेश भर में मनाया जायेगा इस उपलक्ष्य पर भोपाल शहरकाजी सहित तमाम मुस्लिम धर्म गुरूओं ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की है वहीं कानून और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों द्वारा साफ सफाई के व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं ने ईद की बधाई देते हए त्यौहार को सौहाई और भाईचारे के साथ मनाये जाने की अपील की है ब्रहानपुर के शाही इमाम सैयद इकराम उल्ला बुखारी ने शहरवासियों से घरों में रहकर नमाज अदा करने की गुजारिश की है

साथ ही इस अवसर पर आयोजित बेविनार में भी शामिल होगी